सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कोरोना रोक देश केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली शब ए बारात बिहू ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है

कोरोना रोक प्रदेश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने भोपाल इंदौर जबलपुर के साथ चार और शहरों बैतूल छिंदवाड़ा रतलाम और खरगौन में रविवार को लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है

सभी परीक्षाएँ पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में संपूर्ण प्रदेश में गेर मेले चल समारोह सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा

इन जिलों में स्विमिंग पूल सिनेमाघर जिम आदि बंद रहेंगे

इस विधेयक में कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण और कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किये जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किये हैं जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरूद्व सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है ब्याज छूट सरकार ने बजट में प्रस्तावित भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज पर कर से छूट की सीमा कुछ खास मामलों में ढाई लाख रुपये से बढ़ा कर पांच लाख रुपये वार्षिक कर दी है

उन्होंने कहा कि कर मुक्त सीमा को भी संशोधित कर पांच लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है

स्वच्छ भारत मिषन स्वच्छ भारत मिषन के तहत इंदौर जिला मुख्यालय पर मल अपशिष्ट एवं तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यषाला में जिला नोडल अधिकारी ने सरपंच सचिवों को गाँव में कचरा संग्रहण एवं जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया समझायी पोखरियाल सीबीएसई केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में सीबीएसई योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना के तहत विज्ञान गणित और अंग्रेजी विषयों की कक्षाओं के लिए नए सीबीएसई मूल्यांकन तंत्र की शुरुआत की एनईपी का मुख्य उद्देश्य रट्टा आधारित शिक्षा मॉडल को योग्यता आधारित मॉडल में परिवर्तित करना है

निशानेबाजी इंट्रो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने वर्ल्डकप में सोने पर निशाना साधा और दो स्वर्ण पदक देश को दिलाए

अमरीका दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है